प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीजीपी के पद के लिए सिफारिश और पैनल बनाया जाना पूरी तौर पर योग्यता के आधार पर होना चाहिए शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की संशोधन याचिका पर यह फैसला सुनाया

भारत पाक यूएनएचआरसी भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर और देश के अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाने तथा आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की

चुनाव निगरानी बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिये कल भोपाल में निर्वाचन व्यय निगरानी के नोडल अधिकारियों की बैठक ली श्री राव ने विभिन्न एनफोर्समेंट विभाग को निर्देश दिये कि आचार संहिता के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये और संबंधित जानकारी निर्वाचन कार्यालय को नियमित रूप से दी जाये श्री राव ने पुलिस बल को निर्देश दिये कि उड़नदस्तों की संख्या बढ़ाई जाये सीमावर्ती जिलों में निरन्तर चैकिंग अभियान चलाया जाये पुलिस अमले को चैकिंग के दौरान आमजन औरं महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश दिये जाने की बात कही आयकर विभाग से कहा गया कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट लगातार सक्रिय रहें और प्रत्येक कार्यवाही की रिपोर्ट भेजें वहीं आयोग ने आबकारी विभाग से सभी जिलों में सख्ती से कार्यवाही कर अवैध शराब तथा नशीले पदार्थों के परिवहन वितरण और विक्रय पर रोक लगाने को कहा रेलवे को निर्देश दिये गये कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्कैनर लगाकर सामान की जाँच की जाये तोमर चंबल केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जब कभी देश पर संकट आया है चंबल क्षेत्र के लोगों ने भी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है कल मुरैना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार पर आतंकवाद के मुद्दे पर दुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया सीबीएसई सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिये बनाये सख्त नियमों में बदलाव किया है सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं और बारहवीं के परीक्षार्थी अब परीक्षा हाल में पानी के बोतल भी ले जा सकेंगे और परीक्षा के दौरान वे घड़ी भी पहन सकेंगे परीक्षार्थियों से फीडबैक के बाद यह बदलाव किया गया है सख्त नियमों में चलते पिछले वर्ष परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था सैफ महिला फुटबाल सैफ महिला चैम्पियनशिप में वर्तमान विजेता भारत का मुकाबला आज नेपाल के विराटनगर में मालदीव से होगा मैच दिन में दो बज कर पैंतालीस मिनट पर शुरू होगा छह देशों की चैम्पियनशिप में मालदीव और श्रीलंका के साथ भारत ग्रप बी में है जबकि बंगलादेश और भूटान के साथ मेजबान नेपाल ग्रुप ए में है मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है कल शाम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाये रहने के अलावा आमतौर पर मौसम सामान्य रहा मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह से हवा का रूख बदलकर उत्तर पश्चिमी हो जाने के कारण तापमान में यह गिरावट आई है मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से अगले दो दिन तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है